इसी के तहत सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए लगभग सात सौ अधिकारियों व कर्मचारियों का नालागढ़ में पूर्वाभ्यास करवाया गया

उधर चंबा के सरोल में भी चुनाव डियूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को पहला पूर्वाभ्यास करवाया गया जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने बताया कि इस दौरान करीब आठ सौ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया निरीक्षण सिरमौर जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का कल मण्डलायुक्त बीसीबडालिया ने जायजा लिया

बैसाखी के अवसर पर हुए इस जघन्य हत्याकांड में महिलाओं व बच्चों समेत सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे

इस अवसर पर उप राष्ट्रपति स्मारक सिक्का व स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे नवरात्र प्रदेश में राम नवमी का पर्व आज श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है साथ ही मां दुर्गा के अष्टम रूप महागौरी व नवम स्वरूप सिद्विदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है आखिरी नवरात्रे पर लोगों द्वारा कन्या पूजन भी किया रहा है प्रदेश के शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिरों में अलसुबह से ही श्रद्दालुओं की भारी भीड़ उमंड़ी हुई है सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने रोहडू में कल भाजपा कार्यकताओं के साथ चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की कश्यप ने कहा कि इस ससंदीय क्षेत्र में आने वाले रोहड् को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा साथ ही इस क्षेत्र की सड़कों को सुधारने व क्षेत्र में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि अनिल शर्मा के इस्तीफे से भाजपा सरकार की मुश्किले और बढ़ेंगी उन्होंने कहा है कि अनिल शर्मा के इस्तीफे से ये साबित हो गया है कि सरकार के अंदर असंतोष है जिसका पर्दा फाश होने लगा है मांग चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औरा उपस्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ न होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा उपस्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिया मगर स्टाफ की तैनाती नहीं की गई उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया जाएगा अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के इस्तीफे से जुड़ी ख़बर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है पंजाब केसरी का शीर्षक है अंततः अनिल शर्मा का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकारा अमर उजाला की सुर्खी है तीन सप्ताह की नूराकुश्ती के बाद अनिल शर्मा का मंत्री पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री के हवाले से पत्र लिखता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी स्वीकृति बेटे को लिए प्रचार किया तो विधायक पद भी जाएगा दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है अनिल ने दिखाई ईमानदारी आखिर अनिल शर्मा ने छोड़ा मंत्री पद शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है फिलहाल अगले चुनाव तक भाजपा में बने रहेंगे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया इस्तीफा जबकि दैनिक भास्कर के अनुसार है ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा का पद से इस्तीफा विधायक बने रहेंगे इसी पत्र ने मुख्यमंत्री के बयान को शब्द दिए हैं मेरा ही एक मंत्री कांग्रेस के पक्ष में काम करे ये स्वीकार्य नहीं सभी राजनीतिक दल बताएं कितना मिला चंदा शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है चुनाव बांड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख दैनिक जागरण के शब्द हैं पार्टियां बताएं चुनाव बांड से कितने पैसे मिले दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता लाने के लिए उठाए अनेक कदम